जनता की कठिनाई कम करने के लिए कुछ और गतिविधियों की अनुमति दी गई है

बिजली मैकेनिक आईटी रिटर्न भरने में मदद करने वालों प्लंबर मोटर मैकेनिक और बढ़ई जैसे स्वरोजगार में लगे लोगों की सेवाओं को बड़ी छूट दी गई है ऐसे लोग कंटेन्मेन्ट जोन से बाहर के सभी क्षेत्रों में सेवाएं उपलब्ध करा सकेंगे जिन भवन निर्माण स्थलों पर मजदूर उपलब्ध हैं वहां कार्य शुरू किया जा सकेगा मनरेगा कार्य के लिए सामाजिक दूरी बनाये रखने और मास्क पहनने के नियम का सख्ती से पालन करने के साथ अनुमति दी गई है माल परिंवहन के लिए बंदरगाहों और कंटेनर डिपो के कार्य भी किये जा सकेंगे आवासीय परिसरों और कार्यालयों के लिए सभी निजी सुरक्षा एजेंसियों को भी काम करने की अनुमति दी गई है

केंद्र सरकार उसके स्वायत्त और सहयोगी निकायों के सभी कार्यालय खूले रहेंगे पुलिस होमगार्ड सिविल डिफेंस अग्निशमन विभाग और आपातकालीन सेवाएं आपदा प्रबंधन जेल और नगर निगम सेवाएं बिना किसी बाधा के काम करेंगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य सभी विभाग सीमित संख्या में कर्मचारियों के साथ काम करेंगे केंद्र ने कहा है कि लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और सभी को सरकार के निर्देशों का पालन करना होगा

किसी भी संगठन को और सार्वजनिक जगहों के प्रबंधक को पांच या उससे अधिक लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं देनी होगी विवाह और अंतिम संस्कार के दौरान भीड़ को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विनियमित किया जाएगा सार्वजनकि स्थलों पर थ्रकने पर जुर्माना लगेगा और शराब गुटखा तथा तंबाकू जैसी वस्तुओं की बिक्री पर कड़ा प्रतिबंध रहेगा सरकार ने सभी कार्यस्थलों में उपयुक्त स्थानों पर तापमान जांचने और सेनिटाइजर उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने को कहा है

राज्य सरकारों से पानी की कमी वाले क्षेत्रों में आपूर्ति बढाने के उपायों को प्राथमिकता देने को कहा गया है इसके अलावा कार्यालयों कार्यस्थलों कारखानों के परिसरों को पूरी तरह संक्रमण मुक्त किया जाना चाहिए परिसरों के प्रवेश और निकास द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य की गई है

सभी मुख्य सचिवों को लिखे ैपत्र में केंद्रीय गृह सचिव ने ये भी कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्थानीय जरूरतों के अनुसार इन दिशा निर्देशों से भी कड़े उपाय लागू कर सकते हैं

इस बैठक में सभी जिलों के कलेक्टरों पुलिस ैअधीक्षकों नगर पालिका आयुक्तों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने भी वीडियों कांफ्रेंस के जरिये बैठक में भाग लिया

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि कोरोना की रोकथाम के लिए लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सभी आवश्यक कदम गाइडलाइन में उठाए गए हैं

इससे अकेले जयपुर में ही वायरस संक्रमितों की कुल संख्या बढकर चार सौ छिहतर हो गयी है

श्रोता कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी सहायता के लिए केन्द्र और राज्य की ओर से जारी हेल्प लाइन नम्बर पर फोन कर सकते हैं

सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव नरेश पाल गंगवार ने आकाशवाणी को बताया कि मंडियों में सीमित मात्रा में किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए बुलाया जा रहा है ताकि कोरोना से बचाव के लिए जरूरी सुरक्षा मानकों का पालन किया जा सके उन्होंने बताया कि इसके अलावा एक हजार फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को भी किसानों से सीधे खरीद की अनुमति दी गई है

मौसम विभाग ने आज इस बारे में अपना पहला पूर्वानुमान जारी किया विभाग ने कहा है कि जून से सितम्बर के दौरान देश में वर्षा का औसत सामान्य रहेगा ै मौसम विभाग दूसरे चरण का पूर्वानुमान मई के अंतिम सप्ताह में जारी करेगा

प्रधानमंत्री ने इसके लिए श्रोताओं से सुझाव मांगे हैं